राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल न्यायमूर्ति पिनाकी चन्द्र घोष को दिलाई लोकपाल अध्यक्ष पद की शपथ भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की उन्सठ और उम्मीदवारों के नामों की सूची लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अब तक प्रदेश में कुल तेईस प्रत्याशियों ने किया नामांकन दूसरे चरण के लिए कुल तीन नामांकन हुए दाखिल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस को अपना रूख सपष्ट करने को कहा है कल नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर हमेशा तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया श्री शाह ने कहा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी ने इस बात को देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि आप इस प्रकार के जघन्य हमले को जो देश की जनता को झिंकझोर कर रख देते हैं उसको आप सामान्य घटना मानते हैं क्या कांग्रेस पार्टी मानती है कि जो आतंकवादी घटनाएं देश में होती हैं इसका पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान की सेना से कोई रिश्ता है या नहीं इसकी स्पष्टता करनी चाहिए श्री अमित शाह ने कहा कि वायु सेना की कार्रवाई पर पित्रोदा का बयान सेना का मनोबल गिराने वाला है कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने अपने पांच वर्षो के शासनकाल में किसानों और मजद्रों के लिए कुछ नहीं किया कल बिहार के पूर्णिया में एक रैली में श्री गांधी ने कहा कि किसानों को किसी चौकीदार की जरूरत नहीं होती

श्री राहुल गांधी ने राफेल मुद्दे पर भी मोदी सरकार की आलोचना की केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वह लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को लगाने के लिए झठ और जालसाजी का सहारा ले रही है एक फेसबुक पोस्ट में श्री जेटली ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जाली और मनगढ़त फोटो कॉपियां तैयार की और उन्हें भाजपा नेता बी एस येदियुरप्पा की डायरी के पन्ने बताकर प्रचारित किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में कल आयोजित एक सादे समारोह में न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल अध्यक्ष के पद की शपथ दिलाई उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को उन्नीस मार्च को देश के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया था राष्ट्रपति ने लोकपाल में चार न्यायिक सदस्य और चार गैर न्यायिक सदस्य भी नियुक्त किए हैं वाइस एडमिरल करमबीर सिंह अगले नौ सेना प्रमुख होंगे वे एडमिरल सुनील लांबा का स्थान लेंगे जो आगामी इकत्तीस मई को सेवानिवृत हो रहे हैं वाइस एडमिरल करमबीर सिंह वर्तमान में पूर्वी नौ सेना कमान में फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ के पद पर कार्यरत है अपनी लगभग उन्तालीस वर्षो की लंबी और प्रतिष्ठित सेवा के दौरान उन्होंने विभिन्न कमानों स्टाफ और इन्सट्रेक्शन नियुक्तियों में कार्य किया है वाइस एडमिरल सिंह परम विशिष्ट सेवा पदक और अतिविशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत भी है सरकार ने आतंकवादियों को मिल रहे धन पर रोक लगाने के उपायों के तहत उन्हें धन मुहैया कराने वालों की संपत्ति जब्त करना शुरू कर दिया है आतंकवादियों को मिल रहे धन पर रोक लगाने के उपायों के तहत ऐसा किया गया है राष्ट्रीय अन्वेषण अमिकरण एनआईए ने इस सिलसिले में तेरह और व्यक्ति और उनकी संपत्तियों की पहचान की है हमारे संवाददाता ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से खबर दी है कि प्रवर्तन निदेशालय ने ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है दिल्ली की एक अदालत ने पुलवामा हमले के षडयंत्रकारी मुदस्सिर के निकट सहयोगी जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी सज्जाद खान को उन्तीस मार्च तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया है पुलवामा के सज्जाद खान को लालकिला के निकट लाजपतराय मार्केट से परसों रात गिरफ्तार किया गया था मुदस्सिर ने सज्जाद को दिल्ली में आतंकी साजिश का काम साँपा था मुदस्सिर ग्यारह मार्च को एक मुठभेड़ में मारा गया जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में चौदह फरवरी को जैश ए मोहम्मद के आत्मधाती हमले में सीआरपीएफ के चालीस जवान शहीद हो गए थे देश में चालू वित्त वर्ष में लक्ष्य से पांच हजार करोड़ रुपये अधिक का विनिवेश हुआ ट्वीटर पर वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बताया है कि विनिवेश से अस्सी हजार करोड़ रूपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया था जबकि लगभग पच्चासी हजार करोड़ रूपये प्राप्त हुए हैं भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए कल उन्सठ और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री जे पी नड्डा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में सांसद अनुराग ठाक्र हमीरपुर से सुरेश कश्यप शिमला से और किशन कपूर कांगड़ा से चुनाव लड़ेंगे झारखण्ड में केन्द्रीय मंत्री जयंत सिन्हा हजारीबाग से और सांसद निशिकांत दवे गोड्डा से चुनाव लड़ेंगे प्रदेश की कैराना सीट से पार्टी ने प्रदीप चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है वहीं नगीना सुरक्षित सीट से सांसद डॉक्टर यशवंत और बुलन्दशहर सीट से सांसद भोला सिंह को पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए ग्यारह अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए अबतक कुल तेईस प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चे दाखिल किये हैं मुख्य निर्वाचन आधिकारी एल वेक्टेश्वर लू ने बताया कि दूसरे चरण में कुल तीन नामांकन दाखिल हुए हैं सहारनपुर से आप पार्टी के योगेश दहिया कांग्रेस के इमरान मसूद और निर्दलीय उम्मीदवार अमर बहादुर ने नामांकन किया

वहीं मुजफरनगर से यजपाल सिंह और निर्दलीय उम्मीदवार अशोक ने मेरठ से बसपा के हाजी मोहम्मद याकूब तथा यूडीएसएफ के राशिद एवं बागपत से सलीम अहमद ने भी नामांकन किया मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दूसरे चरण के लिए फतेहपुर सीकरी से राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के विजय गोयल ने भी पर्चा भरा तेईस मार्च और चौकीस मार्च को अवकाश होने के कारण नामांकन पर्चे दाखिल नहीं हो सकेंगे कल पच्चीस मार्च को पहले चरण में नामांकन की अन्तिम तारीख है वहीं दूसरे चरण में छब्बीस मार्च तक नामांकन किये जा सकेंगे बहुजन समाज पार्टी के तीन पूर्व विधायक और राष्ट्रीय लोकदल के तीन नेता कल कांग्रेस में शामिल हो गये हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजबब्बर ने आगरा में आयोजित एक कार्यक्रम में इन सभी को पार्टी की सदस्यता दिलायी बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले तीन पूर्व विधायकों में डाक्टर धर्मपाल सिंह भगवान सिंह क्शवाहा और ठाक्र सुरजपाल शामिल हैं वहीं रालोद के पूर्व विधायक अनिल चौधरी अंकोला से ब्लाक प्रमुख ओमकार सिंह और ब्रजेश चाहर भी कांग्रेस में शॉमिल हो गये हैं देशभर में कल महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह राजगुरू और सुखदेव को शहीदी दिवस पर श्रद्वांजलि अर्पित की गयी

पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में कल शहीदी दिवस के अवसर पर इन महान शहीदों को श्रद्वांजलि दी गयी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इन महान सपूतों का बलिदान हमेशा देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा शहीदी दिवस पर प्रदेश में विविध कार्यक्रम आयोजित किये गये मऊ जिले में आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि देश के लिए बलिदान देने वाले इन शहीदों को कभी भुलाया नहीं जा सकता जब भी आजादी की बात होगी तब इंकलाब का नारा देने वाले भारत माता के यह वीर सपूत याद किये जायेंगे जौनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित क्रांति स्तंभ पर शहीदी दिवस मनाया गया लोगों ने तीनों महान क्रांतिकारियों को श्रद्वांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती के अवसर पर कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें श्रद्वाजलि अर्पित की अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर लोहिया ने न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनका स्मरण करते हुए उन्हें प्रखर चिंतक असाधारण बुद्धिजीवी क्रांतिकारी और कट्टर देशभक्त बताया